अब समाचार विस्तार से परीक्षा चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यकम में कल देशभर के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे इस दौरान श्री मोदी परीक्षा के तनाव को कम करने के तरीके भी बतायेंगे यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं

श्री कोविंद ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आरंभ किया इसके अंतर्गत देश भर में पांच साल से कम आयु के सत्रह करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के टीकाकरण अभियान का हिस्सा है जिसे देश में पोलियो उन्मूलन समाप्त रखने के लिए चलाया गया है प्रदेश में भी आज सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आयोजित किया जा रहा है

उधर खंडवा जिले में भी आज पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी ग्वालियर बड़वानी दमोह दतिया भिण्ड मुरैना श्योपुर छतरपुर शिवपुरी सतना बालाघाट रतलाम होशंगाबाद नरसिंहपुर रायसेन कटनी धार छिंदवाड़ा अशोकनगर विदिशा सागर उमरिया और मंडला सहित सभी जिलों में आज से तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज हो रहा है मुख्यमंत्री दावोस मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर रोजगार के अवसर पैदा करने और नया निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से स्विटजरलेंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे

बैठक में ईकोलॉजी अर्थ व्यवस्था टेक्नोलॉजी सामाजिक जियो पॉलिटिक्स और उद्योगों से जुड़े विषय पर फोकस रहेगा

कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता और पूर्व विधि और न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि कोई राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने से इंकार नहीं कर सकता क्योंकि यह संसद द्वारा पारित किया गया है और ऐसा करना असंवैधानिक होगा श्री सिब्बल ने कोझीकोड में केरल साहित्य महोत्सव में अपने संबोधन में यह बात कही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर सकते हैं विधानसभा में प्रस्तााव पारित कर सकते हैं लेकिन यह कहना कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगे समस्या मूलक है और अधिक कठिनाइयां पैदा कर सकता है

मौसम पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गयी है आज भोपाल सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में कोहरा इतना घना था कि वाहन चालकों को लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ी दिनभर ठंडी हवाओं के कारण ठिद्रन बनी रही मौसम विभाग ने आगामी दो तीन दिन में बारिश की संभावना भी जताई है किकेट संभावना भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आज बैगलोर में होने वाले तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में रोमाचंक मुकाबला होने की संभावना है जिसमें दोनों टीमे श्रृखंला पर कब्जा जमा कर एक दूसरे पर बादशाहत कायम करने की कोशिश करेगी मैच दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा इसका आंखो देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जायेगा

पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कृषि मंत्री सचिन यादव और वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र राठौर कार्यक्रम में शामिल हुए